वे आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे

ऐसे में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना बेहद आवश्यक है जयराम ठाकुर ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए आम लोगों स्वयं सेवी संगठनों पंचायतीराज संस्थाओं व स्थानीय निकायों सहित संबंधित विभागों को जोड़ा जाएगा

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को प्रदेश में हैलीपोर्ट के निर्माण कायोँ में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके

जयराम ठाकूर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कंगनीधार बद्दी और रामपुर हैलीपोर्ट का निर्माण कार्य निष्पादन एंजेसी को सौंप दिया है जबकि शिमला और सासे हैलीपोर्ट का कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा

जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्च्ययल माध्यम से बतौर मुख्यअतिथि शिकरत की इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे अनुराग ठाकूर ने कहा कि हिमाचल को बजट का इंतजार नहीं करना पड़ता और बजट के अलावा भी प्रदेश को समय समय पर विभिन्न योजनाएं दी गई है

ये दावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान किया उन्होंने कहा कि जनता ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की स्वच्छ व ईमानदार छवि और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर मुहर लगाई है